केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएनजी एलएनजी तथा बिजली चालित वाहनों के इस्तेमाल पर दिया जोर कहा सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए राज्यों को मदद करेगी केंद्र सरकार रांची विद्युत अंचल में बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ छापेमारी अभियान जारी पिछले नौ दिनों में लगभग पांच हजार उपभोक्ताओं के घर की काटी गयी बिजली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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है उन्होंने कहा कि देशवासियों के आत्म सम्मान और स्वयं के घर के बीच सीधा संबंध है प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में छह लाख दस हजार लाभार्थियों को लगभग दो हजार छह सौ इक्यानबे करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनका भी अपना घर हो सकता है और वे जीवन में किसी भी समस्या से निपट सकते हैं

घर के साथ गैस सिलेंडर और बिजली कनेक्शन जैसी कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे कई मुद्दे सुलझ जाएंगे इस मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत देश में अब तक एक करोड़ छब्बीस लाख घर देश भर में बन चुके हैं

श्री गडकरी ने राज्यों को भरोसा दिलाया कि सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और सक्षम बनाने के लिए उनके प्रयासों में पूरी मदद दी जाएगी सरकार ने संसद के बजट सत्र के मददेनजर तीस जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी उन्होंने कहा कि सरकार सदन में किसी भी मुददे पर बहस करने को तैयार है संसद सत्र इस महीने की उनतीस तारीख से शुरू होगा

कोविड महामारी के मददेनजर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से दिन के दो बजे तक होगी जबकि लोकसभा की बैठकें शाम चार बजे से रात नौ बजे तक होंगी आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा यह कार्यक्रम आज रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा मनोज नेसारी परिचर्चा में भाग लेंगी

नीति आयोग ने आज भारत नवाचार सूची का दूसरा संस्करण जारी किया नीति आयोग ने कहा है कि यह सूची देश को नवाचार उन्मुख अर्थव्यवस्था के रूप में कायाकल्प करने की सरकार की निरन्तर वचनबद्वता को प्रदर्शित करती है आज नई दिल्ली में सूची जारी करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमेशा नवाचार और प्रौदयोगिकी पर जोर देते रहे हैं क्योंकि इससे लोगों की अकांक्षाएं पूरी होने के साथ ही चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है इस अवसर पर आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नवाचार देश को आत्मयनिर्भर बनाकर पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने हेमन्त सरकार पर हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगाया है श्री प्रकाश ने चतरा में कहा कि राज्य में आपराधिक घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी है लेकिन सरकार इसे रोकने में असफल साबित हो रही है उन्होंने कहा कि हेमन्त सरकार का पांच लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा सिर्फ घोषणा ही बनकर रह गया श्री प्रकाश ने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा उधर रामगढ़ जिले में पूर्व सांसद यदुनाथ पांडेय ने कहा कि राज्य में उग्रवाद और अपराध को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है खूंटी जिले में आज जल जीवन मिशन पर आयोजित कार्यशाला में जलसहिया मुखिया व सेविकाएं शामिल हुई कार्यशाला में हर घर में नल से पेयजल पहुंचाने के विभिन्न पहलूओं से उन्हें अवगत कराया गया उन्हें बताया गया कि ग्रामीण इलाकों में जल सुरक्षा संरक्षण और जलजनित बीमारियों की रोकथाम और स्वच्छता को लेकर भी जनजागरुकता अभियान चलाया जाएगा उपायुक्त शशि रंजन ने कार्यशाला में हर घर में नल से संबंधित जानकारियां प्रतिभागियों को दी

चाईबासा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि पिछले साल फरवरी में उसके खिलाफ राज्य एवं वाणिज्य कर द्वारा कर चोरी की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी इस मामले में एक अनुसंधान टीम का गठन किया गया जिसकी जांच में उसके दस्तावेजों की फर्जी होने की बात सामने आयी थी इसके बाद पुलिस ने कारवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया

रांची विद्युत अंचल में पिछले नौ दिनों के दौरान लगभग पांच हजार उपभोक्ताओं के घर की बिजली काट दी गयी रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधक ने बताया कि बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ कारवाई करने के लिए एक सौ पचास टीमों का गठन किया गया है ये टीमें रांची खूंटी ग्रमला लोहरदगा और सिमडेगा में बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ छापेमारी अभियान चला रही है इसके तहत बिजली कनेक्शन काटने के साथ जुर्माना भी लगाया जा रहा है

संस्कृति मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने बताया कि सरकार हर वर्ष तेईस जनवरी के दिन सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी संस्कृति मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे संस्कृति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति प्रे वर्ष के कार्यक्रमों पर निगरानी और मार्गदर्शन के लिए गठित की गई है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने टवीटर पर बताया कि हावडा कालका मेल का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है रामगढ़ जिले के सभी अंचलों में हर सप्ताह बूधवार और शनिवार राजस्व शिविर का आयोजन किया जायेगा इस दौरान पैतुक और पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे निबंधन एवं दाखिल खारिज की प्रकिया की जानकारी लोगों को दी जायेगी इधर जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में ग्रीवांस रिड्रेसल मेकैनिज्म सेल की पहली बैठक आज हुई इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न कोल परियोजनाओं को लेकर भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजे से संबंधित शिकायतों का निपटारा इसके माध्यम से किया जायेगा

सांसद जयंत सिन्हा ने आज हजारीबाग जिले के चरही स्थित सांसद आदर्श ग्राम जरबा में सामुदायिक भवन और दासोखाप में तहसील भवन का उद्घाटन किया इस अवसर पर सांसद ने लोगों से कहा कि वे आदर्श ग्राम को स्वच्छ और सुन्दर बनाने में सहयोग करें संक्षिप्त खबरें झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति आचार्य प्रदीप कुमार मिश्र से आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की उन्होंने विश्वविद्यालयों से जुड़ी समस्याओं से कुलपति को अवगत कराया राज्य के वित्तमंत्री डाक्टर रमेश्वर उरांव ने आज लोहरदगा जिले में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्यायें सुनी उन्होंने मौके पर ही संबंधित पदाधिकारियों को लोगों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिये धनबाद में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आज जागरूकता अभियान के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों से अवगत कराया गया वहीं स्कूली विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कल जिले के सभी पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो पेट्रोल ड्राइव चलाया जाएगा